लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश की आठ सीटों पर होने वाले मतदान के लिए अब कुल सत्तासी उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गये हैं नाम वापसी के अंतिम दिन आज चार प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिये हैं नगीना से दो अमरोहा और फतेहपुर सीकरी से एक एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है इस चरण में दाखिल किये एक सौ छत्तीस नामाकन पत्रों की कल जांच की गयी थी जिसमें पैतालीस नामांकन रद्द किये गये जबकि इक्यान्नबे नामांकन पत्र वैध पाये गये प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे चरण म नगीना में सात अमरोहा में दस बुलंदशहर में नौ अलीगढ़ में चौदह हाथरस में आठ मथुरा में तेरह आगरा में ग्यारह और फतेहपुर सीकरी में अब पन्द्रह प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गये हैं इस चरण के लिए मतदान अट्ठारह अप्रैल को होगा लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश की दस सीटों पर होने वाले मतदान के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रकिया शुरू हो गयी है जो चार अप्रैल तक चलेगी

भाजपा के कुँवर सर्वेश कुमार ने मुरादाबाद संसदीय सीट से सपा के अक्षय यादव ने फिरोजाबाद से और कुॅवर देवेन्द्र सिंह ने एटा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं पीलीभीत संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी वरूण गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया उन्होंने पिछला चुनाव सुल्तानपुर से लड़ा था और सांसद चुने गये थे

बदायूॅ सीट से स्वामी पगला नंद ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज अपना पर्चा दाखिल किया इससे पूर्व कल तीसरे चरण के लिए नामांकन के पहले दिन मुरादाबाद लोकसभा सीट से सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी से विजय पाल सिंह और आंवला से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश पाल गुप्ता ने अपना नामांकन पत्र भरा था इस चरण में मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायू आंवला बरेली और पीलीभीत की दस संसदीय सीटों के लिए तेइस अप्रैल को मतदान होगा

निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने अधिकारियों की समिति को आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर इस मामले की तुरंत समीक्षा के निर्देश दिए थे उच्चतम न्यायालय ने चुनाव लड़ने जा रहे उम्मीदवारों द्वारा चुनाव समिति के सामने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देने से संबंधित शीर्ष न्यायालय के फैसले के कथित उल्लंघन पर कार्रवाई शुरू करने की याचिका को लेकर केन्द्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है

प्रदेश में सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यकमों का आयोजन किया जा रहा है इसी कम में आज शाहजहांपुर में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को खास कर महिला मतदाताओं को जागरूक कर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया मुजफ्फरगनर में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जिले में चनावी तैयारियों का जायजा लिया और मतदेय स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपने अधीनस्थों को निर्देश दिये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

लोकसभा चूनाव के पहले चरण की आठ लोकसभा सीटों पर नामांकन प्रकिया सम्पन्न होने के बाद इन क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार तेज हो गया है इस कम में कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेरठ में चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत की राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी हाजी याकुब कुरैशी के पक्ष में आज एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए मतदाताओं से गठबंधन को जिताने का आहवान किया जयंत चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है भाजपा ने किसानों को लुभावने नारों के अलावा कुछ नहीं दिया

पहले चरण की मेरठ संसदीय सीट पर भाजपा के राजेन्द्र अग्रवाल कांग्रेस से हरेन्द्र अग्रवाल और बसपा सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी चुनाव मैदान में हैं कैराना संसदीय सीट पर भाजपा ने प्रदीप चौधरी कांग्रेस ने हरेन्द्र मलिक और सपा ने तबस्स्म हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है वहीं मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह और भाजपा के संजीव बालियान के बीच सीधा मुकाबला है कांगस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश के अपने तीन दिवसीय चुनाव अभियान के आखिरी दिन आज फैजाबाद में रोड शो करके लागों से जनसम्पर्क किया और नुक्कड़ सभाओं में शामिल हुई उन्होंने अटका गांव में एक चौपाल में हिस्सा लिया और मऊ शिवाला गांव में स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की फैजाबाद में अपने चुनावी दौरे के दौरान श्रीमती वाड्रा ने भाजपा पर देश के संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार में जनता क बुनियादी सवालों का सामना करने की हिम्मत नहीं है उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के मुद्दों से मुंह मोड़ रही है लेकिन इस देश में सत्य को दबाया या छुपाया नहीं जा सकता है

यह हादसा उस वक्त हुआ जब आगरा से नोएडा जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर एक ट्रक से टकरा गयी बस में सवार आठ लोगा की मौके पर ही मौत हो गयी इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों में कुछ की स्थिति गंभीर बतायी जा रही है यह बस औरैया डिपो की थी उधर मुजफ्फरनगर के कैलाशनगर क्षेत्र के रतनपुरी थानान्तर्गत एक जीप को पीछे से एक ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर और यमुना एक्सप्रेस वे पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है उन्होंने इन दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए जिला प्रशासन को घायलों के लिए समुचित चिकित्सा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है

राज्य सड़क परिवहन निगम की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने आज यह जानकारो दी

श्री जेटली ने एक फेसबक पोस्ट में आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के बारे में जवाहर लाल नेहरू का दृष्टिकोण उचित नहीं था उन्होंने कहा कि विशेष दर्जे से अलगाववाद को रोका जाना चाहिए